इस दौरान रक्षामंत्री ने स्थानिय विधायकों और जिले के छह जनजातियों के प्रतिनिधियों द्वारा रखे बातों को धर्यपुर्वक सुना

रक्षा मंत्री ने घटना स्थल का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया दो और तीन नवंबर की घटना की जांच करते हुए सीतारमण ने अफसरो से देश सेवा करते हुए अपने नैतिकता को ऊंचा उठाए रखने को कहा

उन्होंने कहा कि ऎसा ना करने पर सरकार अवैध संरचनाओं को तोड़ देंगे राजीव गांधी विश्वविद्यालय के उन्नीसवां यूनि फेस्ट के उद्घाटन समारोह में बुधवार को शरीक होते हुए उन्होंने यह बात कही गौरतलव है कि विश्वविद्यालय के अधिन तीन सौ दो एकड़ जमीन है लेकिन उनमें से बासठ एकड़ जमीन पर अतीक्रमण किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में विश्वविद्यालय को और भी भूमि की जरुरत होगी

कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने प्रदेश पुलिस को बधाई देते हुए जानकारी दी की राज्य मंत्रिमंडल ने सिविल पुलिस में सात सौ से अधिक पदों की सृजन के लिए सहमती दे दी है कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए इसमें भर्ती की जाएगी

सात से बारह वर्ष आयु के करीबन बीस बच्चों ने कार्यशाला में भाग लिया इस दौरान मेंटरो ने प्रतिभागियों को बुनियादी फोटोग्राफी के बारे में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिया

कम उम्र में ही अनुशासन को बढ़ावा देने और छात्रों को समुदायिक विकास और सेवा की जिंदगी के लिए तैयार करने के लिए श्री मिथि ने स्काऊट्स और गाईड्स की सराहना की

कार्यक्रम में काप बुलबुल और स्काऊंट गाईड ने प्राथमिक चिकित्सा का प्रदर्शन और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया

इस अवसर पर श्री मैन ने कहा कि समाज के उज्जवल भविष्य की निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण है उन्होंने कालेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करते वक्त छात्रों से उच्च स्तरीय आचार विचार अपनाने को कहते हुए शिक्षा की सच्ची भावना को बनाए रखने को कहा श्री मैन ने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड ग्रुप सी और ग्रप डी पदों के चयन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए गठित किया गया है और इससे चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता आएगा

दोनों राज्यों में इस महीने की अट्ठाईस तारीख को मतदान होगा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनव के लिए अब तक नौ सौ बावन नामांकन भरे गए है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दौ सौ तीस सदस्यों वाली राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है मिजोरम में अभी तक विभिन्न राजनीतिक दलों के निन्यानवें उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं इनमें कांग्रेस मिज्ञो नेशनल फंट भाजपा और अन्य पार्टियां शामिल हैं

आज के दिन बहनें भाईयों को टीका लगाकर उनकी दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं यह त्यौहार देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई द्रज की श्रभकामनाएं दी है

आज का अधिकतम तापमान तीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पंद्रह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया